श्री खाण्ड्र ने बताया कि जिला प्लिस अधीक्षकों को म्ख्यमंत्री राहत कोष से एक करोड़ तीस लाख़ रुपये जारी किए गए है सभी जिलों के प्रशासन को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान के लिए मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष से पंद्रह करोड़ रुपये जारी किए गए जिसमें से अस्सी प्रतिशत धनराशि दवा और आवश्यक उपकरणों के खरीद के लिए खर्च किए जा सकते है शेष बीस प्रतिशत धनराशि अगले तीन महीनों के लिए स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन चिकित्सकों पैरामेडिकल स्टाफ और सेवानिवृत स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं के लिए खर्च किए जा सकेंगे

इच्छ्क स्वास्थ्य कर्मी राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नाहरलग्न से संपर्क कर सकते है

राज्य के चलने वाले हेलीकॉप्टरों को दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक राशन वस्त्ओं को वितरित करने के सेवा में लगाया गया है म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक ट्वीट में कहा है कि लॉकडाउन के समय सरकार यह स्निश्चित कर रही है कि आवश्यक वस्त् सभी तक पहुंचे

इस आदेश में प्रदेश में निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड से कहा है कि वे बोर्ड में पंजीक़त सभी गैर सरकारी और असंगठित कामगारों को नकद राहत उपलब्ध कराए

स्वास्थ्य मंत्रालय के संय्क्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि साढ़े बारह सौ से अधिक संक्रमित लोगों के साथ देश में संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ गई है लोगों को भीड़ से बचने और स्रक्षित द्री बनाये रखने का निर्देश दिया गया है संवेदनशील क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाया जा रहा है

डॉकटर रमन ने बताया कि भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस महामारी का टीका तैयार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक और औदयोगिक अन्संधान परिषद के साथ काम कर रही है